स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कल शिमला में बताया कि ये निर्णय इग्स तकनीकि सहलाकर बोर्ड की सिफारिशों पर लिया गया है

बीके अग्रवाल ने कहा कि आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी

इसकी अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह ने दिव्यांगों के विभिन्न मामलों को गम्भीरता से निपटाने को कहा उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों को बाधा मुक्त और पहुंच योग्य बनाया जाना चाहिए ताकि दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो कार्यशाला कुल्लू में ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत कल एक कार्यशाला आयोजित की गई इसमें आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने और बचाव राहत व पुर्नवास कार्यों को बेहतर ढंग से अंजाम देने सहित सरकारी तंत्र व स्वयं सेवी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने की जानकारी दी गई है

ये जानकारी विभाग के प्रधान सचिव जगदीश चंद शर्मा ने बिलासपुर में एक समीक्षा बैठक में दी उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग में रोजगार की अपार संभावना है जिसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज अलग अलग ख़बरों को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है मुख्यमंत्री का निवेशकों को खुला न्यौता कहा जल विद्युत के साथ पर्यटन में निवेश की आपार संभावना सरकार यथा संभव करेगी सहायता प्रदान आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है एशिया का सबसे बढ़ा फार्मा हब बन चुका है हिमाचल

दैनिक भास्कर की एक ख़बर है देश में पहली बार हिमाचल में पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ेगा कार्यकाल पंचायत चुनाव दस साल बाद करवाने की तैयारी बदलेगा एक्ट

दैनिक जागरण के शब्द हैं आरोपित अधिकारियों ने माना सीडी में उनकी आवाज पी मित्रा से कल होगी पूछताछ हिमाचल दस्तक लिखता है कैबिनेट में जा सकता है होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का मामला अख़बार की अन्य ख़बर है जेबीटी बीएड कोर्स एक साथ चलाने वाले कॉलेजों को राहत बीएड कॉलेजों के लिए तय ऐरिया शर्त को हाईकोर्ट ने किया रद्द

इस अख़बार की एक अन्य ख़बर है सड़क से पांच मीटर तक फिरेगा सरकारी डोजर प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद शुरू हुआ सर्वे दैनिक जागरण अपने संपादकीय स्वच्छता की आदत में लिखता है कि स्वच्छता बनाएं रखना हमें अपनी आदत में शामिल करना होगा आपकी छोटी सी यह पहल प्रदेश और देश को स्वच्छ बनाने में सहयोग करेगी